कई राज्यों ने प्रधानमंत्री से लॉकडाउन और दो सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध किया उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा संघर्ष तभी मजबूत रहेगा जब देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभायेगा और सरकार तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा श्री मोदी ने पूर्णबंदी तथा परस्पर सुरक्षित दूरी पर जोर देते हुए कहा कि लोगों का जीवन बचाने के लिए यह आवश्यक है उन्होंने कहा कि सरकार का मंत्र जान है तो जहान है के स्थान पर जान भी और जहान भी होगा

उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले तीन चार सप्ताह वायरस के प्रभाव को जानने के लिए महत्वपूर्ण हैं श्री मोदी ने कहा कि भारत में आवश्यक दवाई की पर्याप्त आपूर्ति है और अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों पर हमले और पूर्वोत्तर तथा कश्मीर के छात्रों के साथ ब्रे बर्ताव की कड़ी आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा मजबूत करने और टेलीमेडिसन के उपयोग पर बल दिया उन्होंने सुझाव दिया कि कृषि उपज की डायरेक्ट मार्केटिंग करने से मंडियों में भीड़ को रोका जा सकता है इसके लिए कृषि उपज मंडी समिति प्रावधानों में सुधार किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि इससे किसानों की मदद हो सकेगी प्रधानमंत्री ने आरोग्य सेतु ऐप को लोकप्रिय बनाने को कहा आर्थिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संकट आत्मनिर्भर बनने और देश को आर्थिक शक्ति बनाने का एक अवसर है बैठक में मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों की स्थिति के बारे में अवगत कराया और महामारी को काबू करने के उपाय स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार प्रवासी मजदूरों की मदद तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखने के कदमों की जानकारी दी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 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केन्द्र सरकार से कई राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की सिफारिष की है ऐसे में केन्द्र सरकार यदि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाती है तो उनका आग्रह होगा कि केन्द्र उन राज्यों को विषेष पैकेज दे जहां झारखंड के मजदूर लॉकडाउन में फंसे हुए हैं मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के बाद बाहर से आने वाले मजदूरों को लेकर चिंता जतायी है उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन खुलने पर दूसरे राज्यों से संकमण आने की संभावना है कल प्रधानमंत्री से वीडियो कांफ्रेंसिंग पर मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लॉकडाउन पर समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की आवष्यकता है मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई चर्चा के दौरान केन्द्र सरकार से विषेष सहयोग की अपील की

चिकित्सकों ने बताया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा का उपयोग केवल डॉक्टरों के परामर्ष पर ही किया जाना है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए परामर्श जारी किया है

सरकार ने पीपीई की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रयास किए हैं देश में आरोग्य सेत् मोबाइल ऐप को एक करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए लोग इस ऐप को बहुत प्रभावी मान रहे हैं इससे निजता के अतिक्रमण संबंधी चिंता की कोई बात नहीं है लोगों के निजी आंकड़ों की निगरानी के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहें निराधार हैं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि देष की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और भारत कृषि प्रधान देष है ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान छूट देने पर विचार किया जा सकता है लेकिन कोरोना वायरस के नियंत्रण को लेकर फिलहाल शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन जारी रहना चाहिए उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी राषन डीलरों को सख्त हिदायत दी गयी है कि इस संकट की घड़ी में कालाबाजरी न करें मुख्यमंत्री ने कहा है कि केन्द्र सरकार से यह अपील की गयी है कि जीएसटी में चार महीने की हिस्सेदारी राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी जाए

इसके अलावा भवन निर्माण और अन्य निर्माण गतिविधियों में लगे दो करोड़ श्रमिकों के खातों के लिए तीन हजार करोड़ रुपये जारी किए गए

आईसीयू की कमी झेल रहे गिरिडीह जिले के लिए एक अच्छी खबर है गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गिरिडीह सदर अस्पताल में चार बेड का आधुनिक आईसीयू वार्ड बनाने का फैसला किया है कोडरमा जिले में कोरोना से संक्रमित मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और सक्रिय हो गया है सिविल सर्जन डॉक्टर पार्वती नाग ने जानकारी देते हुए बताया कि संक्रमित मरीज के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की सूची तैयार की जा रही है उन्होंने बताया कि पहला पॉजिटिव मामला आने के बाद स्वास्थ्य विभाग एहतिहात के तौर पर कई कदम उठा रहा है

सेंटर खोले जाने का उद्देश्य स्वास्थ कर्मियों को सैम्पल लेने के दौरान कोरोना के संक्रमण से बचाना है जिले में चतरा के बाद अब शीघ्र ही सिमरिया रेफरल अस्पताल परिसर में भी यह सेंटर खोला जाएगा गोड्डा जिले में कोरोना वायरस के संकमण से बचाव के लिए हर तरह के प्रयास किये जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में क्वारंटाइन किये गए लोगों पर विषेष निगरानी रखी जा रही है

यह भी अपील किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में रहें और बाहर भीड़ इक्कठा नहीं करें ईस्टर का पर्व आज विश्व में मनाया जा रहा है ईस्टर रविवार को ही प्रभु ईसा मसीह का गुड फ्राइडे को कैवेलरी में सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद पुनर्जन्म हुआ था उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोगों ईस्टर की शुभकामनाएं दी हैं उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि ईसा मसीह के पुनर्जन्म की कथा हमें याद दिलाती है कि अंधकार पर प्रकाश की हमेशा विजय होती है